रक्षामंत्री केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में बंगलूरू से उड़ान भरी

उनके साथ एरोनॉटिकल विकास एजेंसी के राष्ट्रीय उड़ान परिक्षण केन्द्र में परियोजना निदेशक एयर वाइस मार्शल एन तिवारी भी थे रक्षामंत्री ने ट्वीट कर कहा कि तेजस में उड़ान भरना एक अनूठा अनुभव था रक्षामंत्री ने कहा कि इस बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान को उच्चकोटि की दक्षता हासिल है

कल केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने ई सिगरेट के उत्पादन आयात वितरण और बिक्री पर अध्यादेश को स्वीकृ ति दी थी इस मामले पर गठित मंत्री समूह की अध्यक्ष वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मंत्रिमण्डल ने ई सिगरेट और इस तरह के अन्य उत्पाद जो विशेषकर युवाओं के लिए हानिकारक हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है ई सिगरेट का भंडारण करने वालों को छह महीने की जेल की सजा या पचास हजार रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है किसान ऐप भू अभिलेख संबंधी जानकारी के संबंध में आज भोपाल में किसान एप लॉच किया गया इस एप के माध्यम से किसान अपनी भूमि संबंधी रिकॉर्ड देखने दावे और आपत्ति प्रस्तुत करने और केन्द्र सरकार की किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए पात्रता की स्थिति घर बैठे अपने मोबाईल पर देख सकेगे इस एप से किसानों को सबसे बडा लाभ भूमि रिकार्ड की स्थिति देखने और वास्तविक समय में परिवर्तनो से अवगत होने में होगा इस ऐप के जरिए किसान सुझाव और विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया भी भेज सकेगे इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है हनीट्रेप मामला प्रदेश में हनी ट्रैप के एक मामले में इंदौर पुलिस ने आज पांच महिलाओं सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है

उसके आधार पर ही यह कार्यवाई की है शिक्षा सुधार केन्द्र सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सार्वजनिक निजी क्षेत्र के बीच भागीदारी योजना के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक एवं तकनीकी सहयोग एनईएटी के गठन की घोषणा की है इसका उद्देश्य सीखने वाले की आवश्यकताओं के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाना है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि इस तकनीक को विकसित करने के लिए बहुत सी स्टार्ट अप कंपनियां सामने आ रही हैं और इन्हें एक मंच पर लाने की आवश्यकता है ताकि सीखने वालों को उन तक पहुंचने में आसानी हो मंत्रालय ने कहा कि एनईएटी को इस वर्ष नवम्बर में शुरू करने का प्रस्ताव है

उन्होंने कहा कि भारत में नौकरी के लिए उपलब्ध लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था में नये रोजगार सूजन पर भी पड़ेगा

कौशल विकास मंत्री ने कहा कि देश में युवाओं में बहुत प्रतिभा है और इसकी पहचान करके इसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है उन्होंने इस अवसर पर प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेता अश्वथ नारायण रजत पदक विजेता प्रणव नूतलापती और कांस्य पदक विजेता श्वेता रतनपुरा और संजय प्रमाणिक को सम्मानित किया प्रदेश बाढ़ प्रदेश में बाढ़ से हये नुकसान का जायजा लेने के लिए आई केंद्रीय टीम ने आज विदिशा और मंदसौर जाकर प्रभावित लोगों से मुंलाकात की गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयीन दल प्रदेश के दौरे पर हैं इस दल ने सुबह राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव सहित संबंधित अधिकारियों से मुलाकात के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुये नुकसान की जानकारी ली इसके बाद दल के सदस्यों ने दो टीम बनाकर अलग अलग जिलों का दौरा किया

वहीं जनहानि के लिए एक करोड़ रूपये देने की जानकारी उन्होंने समिति को दी उधर मंदसौर में भी समिति अधिकारियों के साथ बातचीत में नुकसान का अध्ययन कर रही है सम्मेलन उज्जैन में कल से शुरु होने वाले अस्थि रोग विशेषज्ञ सम्मेलन में देश भर के करीब तीन सौ से अधिक डाक्टर भाग लेंगे

सम्मेलन में जोड़ प्रत्यारोपण मेरूदंड और अस्थि रोग की विकृतियों पर तीन कार्यशालाएं आयोजित होंगी साथ ही अस्थि रोग की आधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी दी जायेगी किसान कीटनाशक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए संसद के अगले सत्र में केन्द्र सरकार कीटनाशकों और बीजों के लिए एक नया कानून लायेंगे कृषि राज्य मंत्री प्रुषोत्तम रूपाला ने कहा कि बीज और कीटनाशकों के बारे में काफी समय से एक नीति की जरूरत महसूस की जा रही थी और नया कानून किसानों के लिए लाभदायक होगा जैविक खेती पर जोर देते हुए श्री रूपाला ने कहा कि दुनिया भर में जैविक खाद्य उत्पादों की मांग है और भारत इसे पूरा करने की क्षमता रखता है खाद्य तेलों के मामले में भारत की आयात निर्भरता पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने इसे कम करने के उपाय सुझाने का आहवान किया

तमिलनाडू की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है गांधी गोष्ठी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार उनके दर्शन और सिद्दांतों को घर घर तक पहुंचाना है

समिति द्वारा प्रदेश में गांधीजी की जयंती दो अक्टूबर से एक वर्ष तक प्रदेश में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाएंगे

फिलहाल कृषि और राजस्व विभाग की टीमें सर्वे कर रही है